आज नई दिल्ली में विश्व आर्य महासम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक संगठनों को इस बारे में जागरूकता लानी चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती का स्मरण करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी जी ने सामाजिक और आध्यात्मिक सुधारों के लिए साहसपूर्वक संघर्ष किया उन्होंने कहा कि शिक्षा छुआछूत और महिला सशक्तिकरण के स्वामी जी के संदेश आज भी सामयिक हैं

इसके साथ ही जेल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों में कमी लाकर किसानों की आय दोगुनी करने की रणनीति पर काम हो रहा है इसके साथ ही सरकार कृषि उत्पादों विशेषकर जैविक उत्पादों के निर्यात को बढावादेने का भी प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न कृषि जलवायू क्षेत्रों के होने के कारण जैविक कृषि उत्पादों के अनेक किस्मों के निर्यात की प्रचुर संभावना है लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और खानपान की आदतों में बदलाव के कारण देश में और देश के बाहर बडे पैमाने पर मांग बढ रही है और इस बाजार का लाभ उठाया जाना चाहिए

आज सीकर में संकल्प रैली को सम्बोधित करते हुए श्री गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिये कुछ नहीं किया

श्री राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक होकर कांग्रेस को जिताने का काम कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने न केवल मुफ़त देवा योजना का बजट बढाया बल्कि भामाशाह बीमा योजना भी शुरू की

श्री शर्मा कांग्रेस के कद्दावर नेता और घौलपुर से पांच बार विधायक रहे बनवारी लाल शर्मा के पुत्र हैं श्री शर्मा आज भाजपा मुख्यालय पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि वे धौलपुर के विकास के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं और सामान्य कार्यकर्ता बनकर पार्टी का काम करेंगे

उदघाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस रफेल सौदे पर बार बार झूंठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहीहै उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मुददे पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है और विकास पर कोई बात नहीं करना चाहती

चूरू में स्वीप कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन मैदान में मतदाताओं को शपथ दिलायी गयी बीकानेर में मतदाता जागरूकता अभियान से शहर की स्वयंसेवी संस्थाए भी जुड़ गई हैं

जिनसे मतदान के महत्व को बताया जाएगा ये संस्थाएं मतदाता जागरूकता के लिए अन्य कार्यकम भी आयोजित करेंगी करौली जिले के हिंडौन में आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई अजमेर में स्वीप कार्यक्रमों के तहत आज दिव्यांगजनों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इसमें दिव्यांगजनों को भी मतदान की प्रक्रिया समझाई गई हनुमानगढ जिले में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आज वोट गेरो यात्रा आयोजित की गई जिला मुख्यालय पर यात्रा की शुरूआत टाउन स्थित व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज से हुई जहां जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया व्यापार मंडल कॉलेज को पिंक बुथ बनाया गया है इसलिए यात्रा की शुरूआत पिंक बुथ से की गई

इस बीच विधानसभा चूनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रशासन की ओर से बैठकें भी की गई सिरोही जिले से लगर्ते गुजरात के जिलों बनासकांठा साबरकांठा और प्रदेश के बाड़मेर जालौर सिरोही के जिला निर्वाचन अधिकारियों पुलिस अधीक्षकों और सीमावर्ती थानों के पुलिस अधिकारियों की आज माउंटआबू में बैठक हुई बैठक में चुनाव निष्पक्ष करवाने को लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच विस्तार से चर्चा हुई और एक्शन प्लान पर विचार किया गया उघर झुंझुन् के पिलानी में हरियाणा के अधिकारियों के साथ झुंझुन् के अधिकारियों ने समन्वय बैठक की जिसमें झुंझुनू कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ साथ हरियाणा के भिवानी के कलेक्टर और पुलिस ्अघीक्षक ने भी हिस्सा लिया बैठक में निर्णय लिया गया कि झूंझन् के हरियाणा बॉर्डर पर लगते हुए गांवों में अस्थायी चौकी बनायी जाएगी वहीं शराब और नकदी के अवैध लेनदेन के अलावा आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए दोनों ही जिले विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे

सिरोही जिले के आबूरोड में पुलिस ने आज बडी कार्रवाई कैरते हुए करीब एक करोड रूपए मुल्य की अवैघ शराब पकड़ी है ये शराब एक कंटेनर और एक ट्रक से बरामद की गई इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है

स्वास्थ्य विमाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब तक संक्रमित पाए गए रोगियों में गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं जिनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं

स्वास्थ्य विमाग की ओर से सभी जिलो में लार्वारोधी गतिविधियां संचालित की जा रही है

बैठक में केन्द्र तथा राज्य सरकार के कार्यालय और मीडिया इकाइयों प्रमुखों ने भाग लिया

उन्होंने बताया कि कल प्रतियोगिता का शुभारंभ लोकायुक्त जस्टिस एस एस कोठारी करेंगे

झुंझुनू नगर परिषद में आज निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया